हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड दवारा तीन सौ साठ केन्द्रों पर हई एचटेट की परीक्षा का परिणाम एक जनवरी तक जारी दिया जायेगा

संसद का शीत कालीन सत्र कल से श्रू होगा आज नई दिल्ली में सर्व दलीय बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद व अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में उनकी पार्टी सरकार के साथ सहयोग करेगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भरोसा दिलाया कि विपक्षी दलों को सदन की कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा के बाद कोई भी मुद्दा उठाने की अनुमति होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से पिछले सत्र की ही तरह संसद के शीतकालीन सत्र को भी उपयोगी बनाने की अपील की है आज नई दिल्ली में हई सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने कहा कि सरकार नियमान्सार सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री लंका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए गोताबाया राजपक्षे को बधाई दी है श्री मोदी ने आज अपने संदेश में कहा कि वे दोनों देशों के बीच निकट और बंध्त्व के सम्बधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने का उत्सुक है

उन्होंने बताया कि कूल आवक में से खाद्य आपूर्ति विभाग ने पौने पैंतीस लाख टन हैफेड ने पौने बीस लाख टन तथा शेष हरियाणा भंडारण निगम और भारतीय खाद्य निगम ने धान की खरीद की है उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि वर्तमान पर्यावरण पदिदृश्य को देखते हये इटली देश के भांति भारत की शिक्षा नीति में जलवाय् परिवर्तन से सम्बधित पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए ताकि देश की य्वा पीढ़ी को बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक हो उन्होंने इस बारे में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है इस पत्र में कहा है कि हमारे देश सहित अन्य विकासशील देशों के सम्मुख जलवाय् परिवर्तन प्रमुख च्नौतियों में से एक है जिसका हर नागरिक के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान स्थिति ने पूरे क्षेत्र को एक गैस चैम्बर बना दिया है स्थिति इतनी चिंताजनक बन गई थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय सर्वोच्च न्यायालय व एन जी टी को हस्तक्षेप करना पड़ा उन्होंने कहा कि वे हमें जलवाय् परिवर्तन की इस गंभीर स्थिति का स्थायी समाधान खोजने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए पराली जलाने वाले किसानों से कृषि विभाग ने यमुनानगर जिले के किसानोंसे दो लाख बहतर हजार पांच सौ रूपये का ज्माना वसूला है कृषि विभाग के अधिकारी डा राकेश जोगड़ा ने बताया कि जिले मैं एक सौ नौ किसानों को चालान किए गये है

उन्होंने किसानो से पर्यावरण व भूमि की उपजाऊ शक्ति ठीक रखने के लिए फस्लों के अवशेष न जलाने की अपील की है उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने आज रोहतक मे दोपहर के सत्र में चल रही एचटेट की परीक्षा के एक केन्द्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया उप मुख्यमंत्री अचानक राजकीय महाविदयालय पहंचे और एचटेट की परीक्षा के बारे में जानकारी ली उपाय्क्त आर एस वर्मा ने उन्हें ॅसीसीटीवी कैमरे और अन्य व्वयस्था के बारे में बताया इसके उपरान्त पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जन नायक जनता पार्टी का सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तय करने के लिए कमेटी गठित हो चुकी है और अब इस कमेटी को तय करना है कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में जो समान बाते है उसे किस प्रकार लागू किया जाये उन्होंने कहा कि कल मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें हरियाणा के हितों से ज्डे हये फैसले होंगे

हर केन्द्र पर दस प्लिस कर्मचारी तैनात थे और सीसीटीवी कैमरे लगे थे

उन्होंने ये भी बताया कि बोर्ड द्वारा एक जनवरी तक एचटेट का परिणाम जारी कर दिया जायेगा अम्बाला शहर के नेत्र चिकित्सालय एल जे नेत्र संस्थान में मध्मेह तथा उससे होने वाले द्वष्प्रभाव के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया डा उदित नारंग ने बताया कि किस प्रकार मध्मेह से ग्रस्ति लोग नियमित व्यायाम तथा नियंत्रित आहार से मध्मेह को नियंत्रित करके एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते है डॉ रूचि मितल ने बताया कि रोगी के लिए ये जरूरी है कि वो नियमित रूप से नेत्र परीक्षण करये ताकि आंख के पर्दे पर वाले द्ष्प्रभव का सही समय पर इलाज किया जा सके मध्मेह ने रोगियों का निशुल्क बल्ड शुगर टेस्ट तथा फांडस कैमरा द्वारा आंख ा के पर्दे की जांच की गई

हादसे में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गये जिनमें से पांच यात्रियों को गंभीर चोंटे आई इनका बिलासप्र के सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज चल रहा है जानकारी के अन्सार सामने अचानक कोई वाहन आने पर संत्लन बिगड़ने से बस पटली पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है पलवल के कैलाश नगर में आज सीवरेज लाइन डालते समय मिट्टी हने से एक मजदूर अमित की मौके पर मौत हो गई प्लिस जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस मजद्र को ठेकेदार ने सीवरेज के कार्य करने लिए नीचे उतारा उसी दौरान एक तरफ से मिटटी ढ़ह गई और अमित मिटटी व पाइपो के नीचे दब गया पुलिस ने मुतक के भाई की शिकायत पर ठेकादारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है दबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत ने नौ पदक हासिल किये है

दो दिवसीय जश्न ए फरीदाबाद जलसे में देश के प्रसिद्व कवियों ने काव्य प्रस्तृत किया